आज वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था का आकार जितना बड़ा होगा देश में उतनी ही समुद्धि होगी श्री मोदी ने आज वाराणसी से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान की शुरूआत करते हुए अपने संसदीय क्षेत्र के बड़ा लालपुर गांव स्थित दीनदयाल उपाध्याय व्यांपार सुविधा केन्द्र में एक कार्यक्रम में पांच लोगों को पार्टी की सदस्यता प्रदान की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर के यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किये जाने पर खुषी जाहिर की है श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि जयपुर संस्कृति और वीरता से जुड़ा शहर है सुंदर और उर्जावान जयपुर का अतिथि सत्कार सबको लुभाता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि यह बहुत गर्व की बात है और इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा हमारे संवाददाता ने बताया है कि अपनी अनूठी विषेषताओं के कारण गुलाबी नगर दुनिया के विरासत स्थलों की सूची में श्रमार हआ है

श्री गहलोत आज जयपुर में राजस्थान राज्य सेवा के प्रषिक्ष् अधिकारियों के आधारभूत प्रषिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे गांधी जी के जीवन को एक खजाना बताते हुए श्री गहलोत ने प्रषिक्षु अधिकारियों से उनकी जीवनी पढने का अनुरोध किया

इस अभियान के तहत थाना स्तर पर बैठकों का आयोजन कर महिलाओं को उनके अधिकारों के साथ साथ कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी

मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बहुत भारी और भारी बारिश हुई है झालावाड़ में कई जहां तेज बरसात के बाद नदियों में पानी की आवक शुरू हो गई है